सपा बसपा और कॉग्रेस के पास आतंकवाद को समाप्त करने की कोई योजना नही है उन्हें डर है कि आतंकवाद के खिलाफ बोलेंगे तो उनका वोटबैंक हाथ से निकल जायेगा प्रधानमंत्री आज बांदा में एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे बुन्देलखण्ड में पानी की समस्या पर चिन्ता व्यक्त करते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने इसे चुनौती के तौर पर स्वीकार किया है शीघ्र बुन्देलखण्ड के लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलायी जायेगी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने गाजीपूर में केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा के नामांकन के बाद एक जनसभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि पूर्वांचल विकास की राह पर आगे बढ़ चला है यहां चौतरफा प्रगति दिखने लगी है लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव के लिये प्रचार तेज हो गया है विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक चुनावी जनसभाओं को सम्बोधित कर अपने प्रत्याशी के पक्ष मे मतदान की अपील कर रहे हैं शाहजहांप्र में एक चुनावी रैली को सम्बोधित करते हये बसपा प्रमुख सुश्री मायावती ने कहा कि कॉप्रेस केन्द्र और प्रदेशों में गलत नीति के कारण बाहर हुयी है और अब भाजपा भी इन्हीं वजहों से बाहर हो जायेगी उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर केन्द्र में गठबंधन की सरकार बनानी है तो जनता को उसे हर सीट जितानी होगी इस चरण में प्रदेश की तेरह सीटों पर उन्तीस अप्रैल को वोट डाले जायेंगे ये सीटे हैं शाहजहांप्र सुरक्षित खीरी हरदोई सुरक्षित मिश्रिख सुरक्षित उन्नाव फर्रूखाबाद इटावा सुरक्षित कन्नौज कानपुर अकबरपुर जालौन सुरक्षित झांसी और हमीरपुर चौथे चरण में कुल एक सौ बावन प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण की संसदीय सीटों के लिये भी चुनाव प्रचार तेज हो गया है आज विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभायें कर वोट मांगे फतेहपुरी में कॉग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुये कॉग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि कॉग्रेस ने देश की आजादी में बड़ा योगदान किया है इसे कोई व्यक्ति भूला नही सकता आज प्रदेश में ढाई लाख से अधिक सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं लेकिन इन्हें भरने में प्रदेश सरकार की काई रूचि नही है

पांचवें चरण में प्रदेश की जिन चौदह सीटों पर मतदान होने हैं उनमें धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली अमेठी बांदा फतेहपुर कौशाम्बी बाराबंकी फैजाबाद बहराइच कैसरगंज और गोण्डा शामिल हैं लोकसभा चुनाव के छठें चरण के लिये नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है इस चरण में प्रदेश के चौदह संसदीय क्षेत्रों में आगामी बारह मई को मतदान सम्पन्न कराया जायेगा छठे चरण में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जायेंगे उनमें सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद अम्बेडकर नगर श्रावस्ती डुमरियागंज बस्ती संतकबीर नगर लालगंज सुरक्षित सीट आज़मगढ़ जौनपुर मछलीशहर सुरक्षित सीट और भदोही शामिल हैं इस चरण के आजमगढ़ और जौनपुर लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभाओं को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से एक तरफ विकास की नीव तैयार हुयी है तो दूसरी तरफ कानून का राज्य स्थापित हुआ है आतंकवाद से देश को मुक्त करने के लिये भी बड़े कदम उठाये गये लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिये नामांकन प्रक्रिया तेजी से चल रही है आज गाजीपुर में केन्द्रीय मंत्री और भाजपा नेता मनोज सिन्हा ने अपना नामांकन पत्र भरा इस चरण के लिये नामांकन दाखिल करने की अन्तिम तारीख तीस अप्रैल है

सातवें चरण में प्रदेश की जिन तेरह सीटों पर चुनाव कराये जाने हैं उनके नाम हैं महराजगंज गोरखपुर कूशीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमपुर बलिया गाजीपुर चन्दौली वाराणसी मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए दो और उम्मीदवारों की सूची जारी की है अजय राय को वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ उतारा गया है

पार्टी अब तक लोकसभा की चार सौ चौबीस सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट से जुड़े होने के आरोप में कल रात उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया राज्य के आतंकरोधी दल के साथ संयुक्त कार्रवाई में एनआईए ने सैदपुर इम्मा गांव के कई मकानों पर छापे मारे पिछले साल दिसम्बर में इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकी गुट का पता लगाने के बाद एनआईए ने पांचवीं बार छापे मारे हैं